पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव सात दिसम्बर को होगा

प्रदेश में धान खरीद की शुरूआत आज से होगी और इकतीस मार्च तक चलेगी खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने धान खरीद की कार्ययोजना जारी कर दी है इस वर्ष तीस लाख टन धान की खरीद की जायेगी आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि धान की खरीद एक हजार आठ सौ पन्द्रह रूपये प्रति क्विंटल की दर से होगी ये पिछले वर्ष से पैंसठ रूपये अधिक है सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने बताया कि खरीद के लिए पंचायत स्तर पर पैक्सों और प्रखंडों में क्रय केन्द्र बनाया गया है पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी नीलेश देवरे ने मांझौलिया चीनी मिल को सात दिनों के भीतर गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करने को कहा है श्री देवरे ने कहा है कि जिले के चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र दो हजार अठारह उन्नीस के दौरान पन्द्रह सौ पांच करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किया गया है महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि उनका मंत्रालय नीति आयोग के सहयोग से राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए एक राष्ट्रीय योजना की रूपरेखा तैयार करेगा श्रीमती ईरानी ने नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के सम्मेलन में राज्यों से महिला और बाल विकास से जुड़े कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों से सहयोग लेने का सुझाव दिया उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की श्रेणी तय करने का तौर तरीका तैयार किया जा सकता है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव सात दिसम्बर को होगा विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक में कुलपति प्रोफेसर रासबिहारी सिंह ने चुनाव की घोषणा करते हुए कहा कि पच्चीस नवम्बर और छब्बीस नवम्बर को नामांकन के लिए फार्म मिलेंगे वहीं सत्ताईस नवम्बर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी श्री सिंह ने बताया कि सात दिसम्बर को मतदान और उसी दिन मतगणना की गिनती के बाद परिणाम की घोषणा कर दी जायेगी राज्य सरकार ने बांका के तत्कालीन एसडीपीओ सविन्द्र कुमार दास पर विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया है इन पर आरोप है कि बांका में इनकी तैनाती के दौरान लंबित पड़े मामलों की संख्या लगातार बढ़ी है और कई मामलों के अनुसंधान के दौरान व्यापक स्तर पर लापरवाही बरती गयी है इधर पटना के दीघा और हवाई अड्डा के थानाध्यक्ष के खिलाफ व्यवहार न्यायालय ने अदालत में केस डायरी सही समय पर नहीं उपलब्ध कराने के मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए अपने सदस्यों के लिए डिजी लॉकर और ई इंस्पेक्शन सेवाओं की सुधार की है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अपर केन्द्रीय आयुक्त राजीव भट्टाचार्य ने बताया कि पेंशनर्स की सहुलियत को ध्यान में रखते हुए डिजी लॉकर सेवा की शुरूआत की गयी है इसके माध्यम से पेंशन पाने वाले लोग पेंशन से संबंधित दस्तावेजों को डिजी लॉकर में सुरक्षित रख सकेंगे केन्द्र सरकार ने माल और सेवा कर जीएसटी रिटर्न फार्म को और सरल बनाने का फैसला किया है साथ ही रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया गया है दो हजार सत्रह अठारह के लिए जीएसटी फार्म आर नाईन और जीएसटी आर नाईन सी भरने की अंतिम तिथि तीस नवम्बर से बढ़ाकर इकतीस दिसम्बर कर दी गयी है केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत वार्षिक रिटर्न और समायोजन स्टेटमेंट के कई कॉलम को वैकल्पिक करके इन्हें सरल करने का फैसला किया है

उनका अंतिम संस्कार भोजपुर जिले के महुली घाट पर सुबह नौ बजे किया जायेगा राज्य में उपद्रवियों से निपटने के लिए अगले वर्ष दंगा निरोधी बल का गठन किया जायेगा इसके लिए बिहार पुलिस की विशेष ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है इस बल की वर्दी और टोपी का रंग अलग होगा बिहार पुलिस मुख्यालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दंगा निरोधी बल की पचास कंपनियां तैयार होगी इनमें महिला बटालियन भी शामिल है सृजन घोटाले के मामले में भागलपुर स्थित कल्याण विभाग के दो तत्कालीन नाजिर पर आरोप पत्र गठित किया गया है आरोप पत्र में इन कर्मचारियों के कार्यकाल के दौरान हुई अवैध निकासी की जानकारी दी गयी है विभाग के निर्देश पर तत्काल प्रधान नाजिर राम प्रवेश पासवान और महेश मंडल के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया है पटना में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए राज्य सरकार ने भारी वाहनों को महात्मा गांधी सेतु और जे पी सेतु पार करने की नई व्यवस्था शुरू की है जेपी सेतु पर बीस नवम्बर से भारी वाहनों का परिचालन शुरू होगा पटना के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि भारी वाहनों को कोइलवर पुल और बिहटा के रास्ते पटना आने की अनुमति होगी गांधी सेतु पर छोटे वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी बीस नवम्बर के पहले पटना के गायघाट स्थित पीपा पुल पर परिचालन शुरू हो जायेगा बिहार राज्य महिला आयोग का ऑनलाईन पोर्टल आज लांच किया जायेगा ऑनलाईन पोर्टल लांच होने के बाद घरेलू हिंसा दहेज प्रताड़ना और छेड़खानी जैसे मामले में अब घर बैठे ही ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं वस्त्र मंत्रालय के बिहार शाखा के अपर सचिव विभूति झा ने कहा है कि भागलपुर में बांस की हस्तशिल्प कला के जरिए एक हजार महादलित परिवारों का जीवन स्तर सुधारा जायेगा केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं से इन परिवारों को मदद की जा रही है मुद्रा योजना के तहत महादलित परिवार को पच्चीस से पचास हजार रूपये ऋण उपलब्ध कराया जायेगा पटना पुलिस ने कुख्यात अपराधी नागो महतो को गिरफ्तार किया है नागो पर पुलिस ने पचास हजार रूपये का इनाम घोषित कर रखा था पटना स्थित नंदलाल छपरा में बादशाही नाले पर अतिक्रमण कर बनाये गये ग्यारह पक्के मकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है गया से किउल के बीच चलने वाली गया किउल पैसेंजर ट्रेन का नम्बर बदल दिया गया है इस ट्रेन का नम्बर अब छह तीन तीन पांच छह वहीं किउल से गया आने के क्रम मे इस ट्रेन का नम्बर छह तीन तीन पांच पांच होगा सेना भर्ती बोर्ड मुजफ्फरपुर में बहाली के लिए तारीख की घोषणा कर दी गयी है सत्ताईस नवम्बर से बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी बिहार और झारखंड के लगभग चौसठ जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ग्रामीण कार्य विभाग ने छह हजार संवेदकों के काम करने पर लगी रोक को हटा ली है नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय निशानेबाजी चैम्पियनशिप में बिहार के रंजन कुमार ने सीनियर वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया है रंजन भारतीय निशानेबाजी टीम के चयन शिविर के लिए क्वाइलीफाई कर चुके हैं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 हिन्दुस्तान की सुर्खी है गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण नहीं रहे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की घोषणा दैनिक जागरण का शीर्षक राफेल सौदे पर मोदी सरकार फिर पास दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शीर्षक बनाते हुए लिखा राफेल खरीद में गड़बड़ी के ठोस सबूत नहीं इसलिए सीबीआई जांच नहीं प्रभात खबर ने लिखा है प्रदूषण की मार पटना की हवा और हुई जहरीली और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में धान खरीद की आज से होगी शुरूआत

पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चूनाव सात दिसम्बर को होगा